अब समाचार विस्तार से कुर्नाटक संकट उच्चतम न्यायालय आज कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बागी विधायकों द्वारा दाखिल की गई उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष जान बूझकर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं बागी विधायकों के वकील ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ को बताया कि ये विधायक राज्य विधानसभा की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और नए सिरे से चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बीच कल विधानसभा अध्यक्ष को दो और कांग्रेसी विधायकों द्वारा इस्तीफे सौंपे जाने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट और गहरा गया है

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की आज बेंगलुरु में होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी माना जा रहा है कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के विधायकों के इस्तीफे के कारण एचडी कुमारस्वामी सरकार के गिरने की स्थिति में पार्टी विधायक आगे की रणनीति तय करेंगे भाजपा नेताओं के एक शिष्टमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की और विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया

इस बजट को जहां सत्तापक्ष सभी वर्गो के विकास का बजट बता रहा है वहीं भाजपा ने इसे निराशाजनक करार दिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट को पूरी तरह किसानों युवाओं और महिलाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित बताया है एक ट्वीट संदेश के जरिए श्री नाथ ने कहा कि खाली खजाने के बीच यह प्रदेश की खुशहाली का बजट है वहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बजट को निराशाजनक बताया है श्री भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार मावाबाटी जलेबी और चिरौंजी बर्फी की ब्राण्डिंग करने के बजाय ठोस काम करे राजदूत मुलाकात भारत में अमेरिका के राजदूत कैनेथ आई जस्टर ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राजदूत श्री जस्टर को महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं और प्रयासों की जानकारी दी श्री जस्टर ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों की सराहना की और इलेक्ट्रानिक सोलर ऊर्जा लघु उद्योग साईबर क्राइम के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा की जलसंकट शाजापुर जिले में जल संवर्धन व संरक्षण को लेकर कल हुई बैठक में भारत सरकार के जलशक्ति अभियान के लिए शाजापुर हेतु नियुक्त प्रभारी तथा आर्थिक सलाहकार बबनी लाल ने कहा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए जल संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान को जन आन्दोलन बनाना होगा क्योंकि भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण क्रिटिकल स्थिति निर्मित हो गई है

वहीं ड्रिंक एण्ड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये अल्कोहल मीटर सभी थानों में एक डेढ़ माह के अंदर उपलब्ध करा दिये जायेंगे सड़क सुरक्षा संबंधी विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सचिव और विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर चर्चा की उन्होंने कहा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये टी और एक्स जंक्शन सहित अंधे मोड़ पर दोनों तरफ कैमरों सहित स्पीड रडार लगाये जायेंगे ऐसे स्थानों पर गति नियंत्रण के लिये वाहन चालकों को साइन बोर्ड के जरिये भी जागरूक किया जायेगा

एम्बुलेंस से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बेसिक ट्रीटमेंट देकर सुविधाजनक नजदीकी अस्पताल में पहुँचाया जायेगा जनसंख्या दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आयोजित किया जायेगा आगरमालवा जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निर्घारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है जिला मुख्यालय पर एक कार्यकम से पखवाड़े की शुरूआत होगी वहीं भिंड में आज स्कूली विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी राजगढ़ जिले में भी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज से विकासखण्डों में जागरुकता शिविर का आयोजन किया जायेगा वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंदौर स्थित क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा कल विश्व जनसंख्या दिवस के पूर्व चलाये जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत असरावद खूर्द में कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें वक्ताओं ने कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिये सीमित परिवार रखना ही एकमात्र कारगर उपाय है इसके लिये सतत जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है

धान कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के अधिक उत्पादन के लिए श्री विधि से खेती करने की सलाह दी गई है खेती को लाभकारी बनाने के लिये आवश्यक है कि किसानों के पास उपलब्ध सीभित संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए श्री विधि लघू एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष लाभदायी होती है

इसके साथ ही भारत विश्व कप से बाहर हो गया है

न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने तीन जबकि ट्रेंट बोल्ट और मिशेल सेंटनर ने दो दो विकेट लिये दूसरे सेमीफाइल में आज बर्मिघम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा फाइनल मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सो में मानसून की सकियता बनी हुई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान ग्वालियर रीवा शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और चंबल सागर और जबलपुर संभागों के अनेक स्थानों पर बारिश हुई प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आठ सेंटीमीटर मुरैना के अंबाह में दर्ज की गई मौसम विभाग ने आज सागर पन्ना टीकमगढ़ दमोह छतरपुर रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया अनूपपुर शहडोल और डिण्डौरी जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई

यह नियुक्ति श्री रायकवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावशील होगी

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक वैवाहिक प्रकरण श्रम विवाद प्रकरण भूमि अधिग्रहण के प्रकरण विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण का निराकरण किया जाएगा

इन तैयारियों की समीक्षा के लिए समीक्षा के लिए कल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक होगी बैठक में संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं